प्रदेश को मिला बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवॉर्ड

एक ट्वीट में श्री तोमर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसानों की जमीन नहीं छीन सकता और ना ही फसल खरीदने वाले किसानों की जमीन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता श्री तोमर ने यह भी कहा कि कोई भी ठेकेदार पूरा भ्गतान किए बिना अन्बंध खत्म नहीं सकता

निकाय आरक्षण प्रदेश के नगरपालिक निगमों नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिये महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही आज भोपाल में हई इसके तहत भोपाल और खंडवा में अगली महापौर अन्य पिछड़ा वर्ग से महिला होगी जबकि ग्वालियर देवास ब्रहानप्र सागर और कटनी में अनारक्षित महिला महापौर बनेंगी

निकाय आरक्षण इसके अलावा जावरा छतरप्र धार सनावद नेपानगर आष्टा ब्यावरा हरदा पांढ्ना श्योप्र कला होशंगाबाद रायसेन और मंदसौर से ओबीसी महिला उम्मीदवार हो सकती हैं जबकि मकरोनिया डबरा आमला चंदेरी बीना लहार व महाराजप्र एससी और झाब्आ पाली मलाजखंड एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं स्वास्थ मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने कल देर शाम उमरिया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जाएगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा हथ कि बीमार लोगों को निशल्क स्वास्थ्य सेवाएं शासकीय चिकित्सालयों से मिले कोई भी बीमार व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटे उन्होने कहा कि गत दिनों शहडोल में बच्चों की मौत के कारणों की समीक्षा के लिए उनके दवारा संभाग के तीनों जिलों का भ्रमण किया गया हथ़ आवश्यक संसाधन शीघ्र उपलब्ध कराये जाएंगे संभाग स्तर पर बछक लेकर अधिकारियो को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं

अशोकनगर में कोरोना संक्रमण से एक व्यपारी की मृत्यु हुई

ऑनलाइन समारोह में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को यह अवॉर्ड प्रदान किया गया